जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति की ऊंची चोटियों पर हिमपात पेयजल स्रोत जमने से लोग परेशान

नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज ग्रामीण विकास व पंचायतीराज सचिव आरएनबत्ता को ये पुरस्कार प्रदान किया प्रदेश को ये पुरस्कार लगातार दूसरी बार मिला है इसके अलावा प्रदेश को इन्वेस्टमेंट ऑन एसेट मैनेजमेंट के लिए दूसरा और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों की ग्रणवत्ता के लिए बैस्ट ओवर ऑल परफॉरमेंस का तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया

मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने बैठक में भाग लेते हुए कमेटी को सरदार वल्लम भाई पटेल की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की तरह महात्मा गांधी की भव्य प्रतिमा स्थापित करने का सुझाव दिया उन्होंने कहा कि हिमाचल में लोगों को महात्मा गांधी के दर्शन और विचारों के बारे में जागरूक करने के लिए दृढ प्रयास किए जा रहे हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि महात्मा गांधी के विचारों और आदर्शों से दुनियाभर में करोड़ों लोगों को प्रेरणा मिली है उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है और शैक्षणिक संस्थानों में भी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को महात्मा गांधी के जीवन दर्शन की जानकारी दी जा रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वच्छता अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है

इस दौरान उद्योगपतियों ने निवेश की सुरक्षा के लिए विनियामक वातावरण तैयार करने व्यापार सुगमता निर्यात के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने निजी निवेश मे वृद्धि करने और आर्थिक विकास जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया उद्योगपतियों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उपभोग बढ़ाने की सलाह भी दी बैठक में केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर सहित वित्त और कंपनी मामलों के मंत्रालयों के सचिव भी मौजूद रहे

उन्होंने कहा कि इस दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा भी मौजूद रहेंगे

मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने अधिकारियों को जनजातीय क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों में तेज़ी लाने के निर्देश दिए हैं वे आज स्पिति में परियोजना सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

मारकंडा ने कहा कि स्पिति में पिछले कई सालों से लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए आगामी वित्त वर्ष के दौरान बजट मुहैया करवाया जाएगा सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विद्यार्थियों के समग्र विकास व संपन्न राष्ट्र की परिकल्पना के लिए आध्रनिक और नैतिक शिक्षा के बेहतर तालमेल की जरूरत बताई है सोलन जिले में राजकीय महाविद्यालय कंडाघाट के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि शिक्षा को रोजगार का माध्यम बनाने के साथ साथ इसका उपयोग समाज व देशहित में भी किया जाना चाहिए सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रही है उन्होंने विद्यार्थियों से नर्श से दूर रहने और देश व प्रदेश के विकास के लिए आगे आने का आहवान किया इससे पहले सुरेश भारद्वाज ने महाविद्यालय के नव निर्भित भवन का लोकार्पण किया और महाविद्यालय में जल्द ही विज्ञान विषय में कक्षाए आरंभ करने का आश्वासन भी दिया इस अवसर पर सोलन के विधायक धनीराम शांडिल भी मौजूद रहे कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने केन्द्र सरकार पर जनता की बुनियादी सुविधाओं के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाया है शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन बिल सरकार ने विपक्षी दलों को विश्वास में लिए बिना ही पास किया है उन्होंने कहा कि सरकार ने ये बिल लाकर मंहगाई और आर्थिक मंदी जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की है

वे आज लपियाणा में गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत निःशुल्क गैस कनैक्शन वितरण कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित कर रही थीं

उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न विकास कार्यों को तय समय अवधि में पूरा करने के निर्देश भी दिए इस अवसर पर सरवीण चौधरी ने जनसमस्याएं भी सूनीं और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया

विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज क्षेत्र की कोहाल पंचायत में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है उन्होंने इस दौरान एक सौ चार पात्र महिलाओं को गृहिणी सुविधा योजना के तहत रसोई गैस कनैक्शन वितरित किए इससे पहले हंसराज ने नकरोड़ में भी योजना के तहत एक सौ सात महिलाओं को गैस कनैक्शन प्रदान किए मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए रहे जबकि जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति की ऊंची चोटियों पर रूक रूक कर हिमपात हो रहा है

ऐसे में जल स्रोत जम गए हैं और लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इधर शिमला जिले के दूरदराज़ क्षेत्र डोडराक्वार में पिछले दिनों हुए हिमपात के बाद से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्वार पंचायत के पूर्व प्रधान शंकर चौहान ने कहा है कि इलाके के अधिकतर पेयजल स्रोत जम गए हैं और बर्फबारी के कारण यातायात व विद्युत आपूर्ति भी बाधित है

मांग इस बीच घाटी में हो रही लगातार बर्फबारी को देखते हुए ज़िला परिषद सदस्य व लाहौल घाटी किसान मंच के संयोजक सुदर्शन जस्पा ने सरकार से जनजातीय इलाकों के लिए जल्द हैलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की मांग की है